केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने राज्य के सत्रह शेल्टर होम में बच्चों के यौन शोषण और प्रताड़ना के मामलों की जांच पूरी कर ली है सीबीआई ने इस संबंध में शीर्ष न्यायालय में दायर की गयी स्थिति रिपोर्ट में कहा है कि अधिकारियों की कर्तव्यहीनता के कारण आश्रय गृहों में बच्चों के साथ यौन शोषण और यातना की घटनाएं घटी रिपोर्ट में पच्चीस तत्कालीन जिलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है छियालीस अन्य सरकारी कर्मियों के खिलाफ भी राज्य सरकार को कार्रवाई करने को कहा गया है इसके अलावा बावन लोगों तथा एनजीओ को तत्काल प्रभाव से काली सूची में डालकर उनका निबंधन रद्द किये जाने की अनुशंसा की गयी है सीबीआई ने शीर्ष न्यायालय में कहा कि राज्य सरकार को गया भागलपुर मध्रबनी पटना मुंगेर मधेपुरा अररिया पूर्वी चंपारण और कैमूर के तत्कालीन जिलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सीबीआई इन मामलों की जांच कर रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के शीर्ष उद्योगपतियों को आश्वस्त किया है कि उन्हें सरकार से हर प्रकार की सहायता मिलेगी श्री मोदी ने कहा कि कुछ गलत और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई के कारण सरकार को उद्योग विरोधी कहना ठीक नहीं है देश में व्यापार को सुगम बनाने के लिए उठाये गये सरकार के कदमों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने भारतीय उद्योग जगत को भरोसा दिलाया कि देश की अर्थव्यवस्था बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ रही है उन्होंने देश के उद्यमियों से इस दशक को सफल बनाने की अपील की नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत को पचास खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर जोर दिया उन्होंने कहा कि सरकार देश में सुधारों निष्ठापूर्ण उपायों और बेहतर प्रदर्शन के साथ व्यापार का आदर्श वातावरण बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है श्री मोदी ने व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में किये गये सुधारों की चर्चा की इनमें दिवाला और दिवालियां संहिता जैसे उपाय शामिल हैं जिनसे असफल व्यापारिक उपक्रमों को बंद करने का सम्मानित विकल्प उपलब्ध कराया गया उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और तेज पछुआ हवा के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड का प्रकोप जारी है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों में राज्य के कुछ स्थानों पर ब्रंदाबांदी की संभावना भी जतायी है विभाग ने कहा है कि हवा में नमी की मात्रा सुबह में तिरानवे प्रतिशत रहने के कारण कनकनी महसूस की जा रही है पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि राज्य के उत्तर पूर्व के जिले सुपौल अररिया किशनगंज सहरसा और पूर्णिया में दो से तीन डिग्री तक पारा और गिर सकता है जिससे इन इलाकों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है वहीं कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात के परिचालन पर असर पड़ा है पटना जंक्शन से गुजरने वाली राजधानी मगध और सीमांचल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं जबकि पटना हवाई अड्डे पर उतरने और उड़ान भरने वाले विमानों पर भी असर पड़ रहा है इधर भीषण ठंड के मद्देनजर बेगूसराय जिले में कल तक पहली से पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई स्थगित कर दी गयी है राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों में काम करने वाली एक सौ पचास सेविका सहायिका के प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने के बाद उन पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश समाज कल्याण विभाग ने दिया है विभागीय मंत्री रामसेवक सिंह ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी जमुई किशनगंज समेत कुछ जिलों में जांच के दौरान प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं जिस पर कार्रवाई की जा रही है उन्होंने कहा कि राज्य के अन्य जिलों में भी जल्द ही सेविकाओं और सहायिकाओं को प्रमाण पत्रों की जांच की जायेगी मिशन इन्द्रधनुष सत्ताइस राज्यों के दो सौ बहत्तर जिलों के साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश के छह सौ पचास प्रखंडों में शुरू हो गया इसका उद्देश्य अन्य अभियानों में छूटे क्षेत्रों में सभी दवाएं उपलब्ध कराना और चिन्हित जिलों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक इसकी पहुंच बनाना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टीकाकरण अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए इन्द्रधनुष मिशन की शुरूआत की थी इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का उद्देश्य दो वर्ष तक के सभी बच्चों और सभी गर्भवती महिलाओं को आच्छादित करना है जो नियमित टीकाकरण अभियान में छूट गए हैं इस टीकाकरण अभियान में डिप्थीरिया काली खांसी टेटनस पोलियो खसरा तपेदिक हेपेटाइटिस बी दिमागी ब्रखार और निमोनिया के टीके दिये जायेंगे केन्द्र सरकार ने देश के बासठ शहरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने का निर्देश दिया है इस निर्देश के तहत प्रदेश में सैंतीस चार्जिंग स्टेशन बनाये जायेंगे यह चार्जिंग स्टेशन पटना में पच्चीस स्थानों पर जबकि भागलपुर मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ में चार चार स्थानों पर बनेंगे पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण समाप्त होने की तारीख से ही प्रशिक्षित शिक्षक का वेतन दें प्रदेश के सभी जिलों में दंगा निरोधक इकाई की स्थापना की जायेगी डीजी प्रलिस प्रशिक्षण आलोक राज ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए जवानों का चयन किया जा रहा है जल्द ही उन्हें प्रशिक्षित कर तैनात कर दिया जायेगा राजधानी पटना के पीरबहोर थाना अंतर्गत एनी बसेंट रोड पर अपराधियों ने एक डेयरी एजेंट से तीन लाख रूपये लूट लिये पूर्वी चंपारण जिले के मुफसिल थाने के दारोगा सह विधि व्यवस्था प्रभारी मुन्ना कुमार सिंह को थाने में शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है कटिहार जिले में सेना बहाली के दौरान पूलिस ने पचास आवेदकों को फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ पकड़ा है जिनसे पूछताछ की जा रही है भागलपुर जिले में एक ट्रक की चपेट में आने से बाईक सवार दो लोगों की मौत हो गयी वहीं रोहतास जिले के डेहरी नगर थाना में पदस्थापित एक एएसआई को ट्रक ने कुचल दिया जिससे उनकी मौत हो गयी पटनासिटी के बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गोदाम से अपराधियों ने सात लाख रूपये मूल्य का अल्युमीनियम तार लूट लिया

राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि आरोपितों की गिरफ्तारी करने के तुरंत बाद उनका विवरण सार्वजनिक करें पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र से पुलिस ने मेडिकल संस्थानों में नामांकन के नाम पर उन्नीस लाख रूपये ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज सभी बड़े अखबारों ने बिहार के सत्रह आश्रय गृहों में बच्चों के साथ यौन शोषण और प्रताड़ना मामले में सीबीआई जांच पूरी होने और पच्चीस जिलाधिकारियों समेत अन्य पर कार्रवाई की अनुशंसा को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है दैनिक भास्कर का शीर्षक है सत्रह शेल्टर होम में बच्चों के यौन शोषण और प्रताड़ना मामले में पच्चीस डीएम समेत इक्हतर अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश हिन्दुस्तान की सुर्खी है जेएनयू में हिंसा का विरोध तेज दैनिक जागरण लिखता है दिल्ली में आठ फरवरी को मतदान प्रभात खबर ने रेणु के नाम पर होगा अररिया इंजीनियरिंग कॉलेज को बड़ी खबर बनाया है